प्रदेश में आज तेजा दशमी और रामदेव जयंती मनाई जा रही है श्रद्धाभाव से

मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न भागों से आने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे फिलहाल इस उद्देश्य से यात्रा नहीं करें सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोरोना के प्रति जनता को सतर्क करना है

पुलिस महानिदेशक अपराध एमएल लाठर ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर थ्रकने वाले शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है

बैठक के दौरान संकमण की प्रभावी रोकथाम संक्रमितों के सम्पर्क का पता लगाने और निगरानी बढ़ाने का परामर्श दिया गया

उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने एक बैठक में सत्र की तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित एजेंसियों को सैनिटाइजेशन और अन्य प्रबंधों के लिए मुस्तैदी से काम करने का निर्देश दिया

प्रदेश में भी इस योजना से काफी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार की ओर से पात्र लोगों के जन धन खातों में सहायता राशि पहुंचाई गई

कोरोना महामारी को देखते हुए कोई आयोजन नहीं हो रहे हैं लोग घरों में आराधना कर रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को रामदेव जयंती और तेजादशमी की श्भकामनाएं दी हैं श्री गहलोत ने लोगों का आहवान किया कि वे रामदेव पीर और वीर तेजाजी द्वारा दिखाए गए मानवता के रास्ते पर चलकर प्रदेश में भाईचारे की भावना मज़बूत करने में योगदान दें

समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र राजभवन जयपुर से जुड़ेंगे

यह पुरस्कार आज ऑनलाइन कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह द्वारा दिया जाएगा

अतिरिक्त महानिदेश पुलिस इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी पिछले कुछ वर्षो से पाकिस्तानी हैण्डलिंग एजेंसी को बाड़मेर से सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सूचनाएं भेज रहा था

सुरक्षा एजेंसियों की गहन प्रछताछ के बाद सामने आया कि आरोपी पाक हैण्डलिंग ऑफिसर के कहने पर गोपनीय सूचनाएं अपने मोबाइल से सोशल मीडिया के जरिये उपलब्ध कराता था

खेल रत्न पाने वालों में क्रिकेटर रोहित शर्मा पहलवान विनेश फोगाट पैरालम्पियन मरियाप्पन थांगावेलू टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह तक पूरे राज्य में सामान्य से ज्यादा वर्षा होने के आसार हैं